आचार संहिता उल्लंघन के पांच सौ मामले दर्ज किये गये और प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार हो रही है कमी

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इस चरण में सीमांचल कोसी तिरहुत और मिथिलांचल के पंद्रह जिलों के अठहत्तर निर्वाचन क्षेत्रों में शनिवार सात नवम्बर को वोट डाले जाएंगे इनमें भारतीय जनता पार्टी के पैंतीस दल जनता दल युनाइटेड के सैंतीस वीआईपी के पांच और हिन्द्रस्तानी अवाम मोर्चा के एक उम्मीदवार के भाग्य का फैसला होगा वहीं महागठबंधन की ओर से राजद के छियालीस कांग्रेस के पच्चीस भाकपा के दो और माकपा के पांच उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं इधर लोक जनशक्ति पार्टी के बयालीस रालोसपा के तेईस और बसपा के उन्नीस उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं विधानसभा के तीसरे चरण के चूनाव के साथ सात नवम्बर को ही वाल्मिकी नगर लोकसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान होगा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेताओं और स्टार प्रचारकों ने रैलियां सभाएं और रोड शो किया भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दरभंगा के जाले और हायाघाट में चुनावी सभाओं को संबोधित किया भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अश्विनी चौबे ने मधुबनी के बेनीपट्टी तथा कटिहार के बलरामपुर में चुनावी सभाएं की वहीं भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव ने कटिहार मधेपुरा सुपौल और मधुबनी में सभाओं को संबोधित किया जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कटिहार के हफलागंज मनिहारी और बरारी में चुनावी सभाओं को संबोधित किया

राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने पूर्णिया के धमदाहा में चुनावी रैली की विधानसभा के तीसरे चरण में एक सौ दस महिला प्रत्याशी समेत एक हजार दो सौ चार प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं गायघाट विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक इकतीस वहीं ढाका त्रिवेणीगंज जोकीहाट और बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम नौ प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं आयोग के अनुसार तैंतीस हजार सात सौ बयासी मतदान केंद्र पर दो करोड़ पैंतीस लाख चौवन हजार से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे वाल्मीकिनगर लोकसभा उप चुनाव के लिए भी तैयारियां पूरी को चुकी है यहां सात उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं तीसरे चरण में कई दिग्गज प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा इस चरण में जदयू के आठ और भाजपा के चार मंत्रियों के सियासी भाग्य का फैसला होना है जिनमें सुपौल से जदयू के विजेन्द्र प्रसाद यादव आलमनगर से नरेन्द्र नारायण यादव सिंहेश्वर सुरक्षित से रमेश ऋषिदेव सिकटा से खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद लोकहा से लक्ष्मेश्वर राय रूपौली से बीमा भारती बहादुरपुर से मदन सहनी और कल्याणपुर सुरक्षित सीट से महेश्वर हजारी चुनाव मैदान में हैं वहीं भाजपा की ओर से मोतिहारी से प्रमोद कुमार मुजफ्फरपुर से सुरेश शर्मा बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा और बनमनखी से कृष्ण कुमार ऋषि चुनाव मैदान में हैं इसके साथ ही पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की पुत्री आसमा परवीन जदयू प्रत्याशी के रूप में महुआ से और दिवंगत मंत्री विनोद सिंह की पत्नी निशा सिंह प्राणपुर विधानसभ क्षेत्र से किस्मत आजमा रही हैं इस चरण में कई पूर्व मंत्रियों के भी भाग्य का फैसला होना है इनमें राजद के टिकट पर केवटी से अब्दुल बारी सिद्दिकी बोचहां से रमई राम पातेपुर से शिवचंद्र राम चूनाव मैदान में हैं वहीं कांग्रेस के टिकट पर कदवा से शकील अहमद खान और वाल्मिकीनगर से राजेश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं इधर हरलाखी से सीपीआई के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय भी चुनाव मैदान में हैं विधानसभा चुनाव के दौरान अब तक आचार संहिता उल्लंघन के चार सौ अंठानवे मामले दर्ज किये गये हैं वहीं लगभग छियासठ करोड़ रूपये भी जब्त किये गये हैं चुनाव आयोग के अनुसार एक हजार तीन सौ अठारह अवैध हथियार जब्त किये गये हैं जबकि तीन हजार एक सौ तीस हथियारों के लाईसेंस को रद्द कर दिया गया है आयोग के अनुसार राज्य के तीन लाख इकसठ हजार छह सौ बारह लोगों पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा एक सौ सात के अंतर्गत कार्रवाई की गयी है आयोग ने कहा है कि अब तक चार हजार आठ सौ पचहत्तर किलो गांजा एक सौ सोलह किलो चरस और डेढ़ किलो हेराईन जब्त की गयी है वहीं सीतामढ़ी जिले में जिला प्रशासन ने आचार संहिता उल्लंघन के चौबीस मामले दर्ज किये हैं जबकि दो सौ चौंसठ लोगों पर सीसीए की कार्रवाई की गयी है अठारह हथियार और छियालीस कारतूस बरामद किये गये हैं और अब प्रस्तुत है आकाशवाणी पटना से विधान सभा चुनाव पर विशेष श्रृंखला के तहत एक रिपोर्ट बाईट प्रोमो आओ करें मतदान हमारे संवाददाता से सुनते हैं किशनगंज जिले में चुनावी परिदृश्य के बारे में साउंड बाईट किशनगंज जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों ठाक्रगंज किशनगंज सदर बहादुरगंज और कोचाधामन में तीसरे चरण में शनिवार को वोट डाले जायेंगे

गौरतलब है कि तब जदयू राजद और कांग्रेस का गठबंधन था नेपाल और बांग्लादेश से सटे सीमांचल के इस अल्पसंख्यक बहुल जिले में पारंपरिक वोटो की गोलबंदी और इसके बिखराव पर ही समी दल और गठबंधन की नजरें टिकी है किशनगंज सदर सीट पर असद उद्दीन ओवैसी की पार्टी एआइएमआईएम के कमरुल होदा ने उपच्रनाव में जीत हासिल कर पारंपरिक दलों के बीच अपनी सियासी उपस्थिति का एहसास कराया था वे फिर से इस सीट पर एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड रहे हैं किशनगंज सीट से भाजपा के प्रत्याशी पिछले पांच चुनाव से उपविजेता रहे हैं

भाजपा की स्वीटी सिंह लगातार तीसरी बार इस सीट से प्रत्याशी हैं वहीं कांग्रेस ने इजहारुल हुसैन को मौका दिया है ठाक्रगंज सीट पर पूर्व मंत्री नौशाद आलम जदयू के टिकट पर मैदान में हैं उनका मुकाबला राजद उम्मदीवार सउद आलम से है जबकि निर्दलीय उम्मीदवार पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल और आईएमआईएम के महबूब आलम और लोजपा के कलीमुददीन ने चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है जिले की बहादुरगंज सीट पर कांग्रेस के तौसीफ आलम और विकासशील इंसान पार्टी के लखन लाल पंडिता आमने सामने हैं वहीं कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र में जदय के मास्टर मुजाहिद आलम राजद के शाहिद आलम और एआईएमआईएम के मोहम्मद इजहार अशरफी के बीच मुकाबला है आकाशवाणी समाचार के लिए किशनगंज से कुमार मुकेश चौधरी विधान सभा चुनाव के तीसरे चरण में समस्तीपुर जिले की सरायरंजन सीट पर सभी की नजरे हैं इस सीट से विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी अपनी जीत का हैट्रिक लगाने के उद्देश्य से फिर चुनावी मैदान में हैं सुनते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट साउंड बाईट सरायरंजन सीट पर जनता दल युनाइटेड के प्रत्याशी और मौजुदा विधायक विजय कुमार चौधरी के समक्ष अपना चुनावी किला बचाने की चुनौती है वही राष्ट्रीय जनता दल भी इस सीट पर अपनी चौथी जीत के लिए जोर शोर से लगा है

श्री चौधरी ने पिछले विधान समा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के रणजीत निर्गुणी को चौतीस हजार वोट के अंतर से हराया था लेकिन इस वर्ष के चुनाव में जदयू और भाजपा साथ साथ है महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल ने इस सीट पर अरविंद कमार सहनी को उतारा है वहीं लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में है दो लाख अस्सी हजार से अधिक वोटर शनिवार को इस सीट पर अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से कृष्ण कुमार राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर छियानवे प्रतिशत से अधिक हो गयी है अब तक दो लाख बारह हजार दो सौ अंठानवे लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार छह हजार आठ सौ छब्बीस सक्रिय मरीज हैं इधर राज्य के विभिन्न जिलों से आज कोरोना संक्रमण के सात सौ इकतालीस नए मामलो की पुष्टि हुई हैं इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर दो लाख बीस हजार दो सौ छियालीस हो गई है पटना जिले में सबसे अधिक एक सौ नवासी नये मामले सामने आये हैं पूर्णिया में चौवालीस गया में बत्तीस सुपौल में सत्ताईस और रोहतास में चौबीस नये मामले सामने आये हैं प्रदेश के अन्य जिलों में भी नये मरीज मिले हैं नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान में हृदय रोग विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्र ने कहा है कि कोरोना वायरस से स्वयं को बचाने के लिए भीडभाड वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए आकाशवाणी समाचार से बातचीत में डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कोविड से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का कडाई से पालन करना चाहिए

हाथ की स्वच्छता रखना भी एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है पानी अगर ना उपलब्ध हो तो हैंड सेनेटाइजर का भी उपयोग किया जा सकता है

सामाजिक द्री बीमारी की रोकथाम का सबसे अच्छा तरीका है इसके क्छ नियम है जितना हो सके घर पर ही रहे

सार्वजनिक स्थानों पर दो मीटर या छह फीट पर शारीरिक दूरी बनाई रखनी चाहिए और सुदूर स्थानों की यात्रा से भी बचना चाहिए केन्द्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार गृह रक्षा वाहिनी में सिपाही चालक के पद के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा सत्ताईस नवम्बर से आयोजित करेगा वहीं परिवहन विभाग में चलंत दस्ता सिपाही पद के लिए एक दिसम्बर से और बिहार पुलिस में सिपाही पद के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा सात दिसम्बर से आयोजित की जायेगी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी अगले वर्ष इकतीस जनवरी को आयोजित की जाएगी इससे पहले सीटीईटी परीक्षा इस साल पांच जुलाई को पूरे देश के एक सौ बारह शहरों में होनी थी लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था

आचार संहिता उल्लंघन के पांच सौ मामले दर्ज किये गये और प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार हो रही है कमी